अब समाचार विस्तार से रावत दौरा भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत आज भोपाल प्रवास पर रहेंगे

मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान देश के विकास के लिए लगातार अथक कार्य किया गया है श्री मोदी ने इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नौ करोड़ शौचालय बनाये गये हैं कम लागत वाले एलईडी बल्ब लगाने की शुरूआत की गई है स्मार्ट शहरों का निर्माण किया गया है और मोबाइल फोन सेट बनाने के कई संयंत्र स्थांपित किये गये हैं उन्होंने कहा कि सरकार की ये कुछ उपब्धियां हैं

आप संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल इन्दौर सहित मंधाता मूंदी महेश्वर और मनावर में पांच जनसभाओं को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने नर्मदा क्षेत्र के विस्तापितों के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नर्मदा के विस्थापितों का छेह महीने के भीतर संपूर्ण पुनर्वास किया जायेगा इन्दौर के मालवा मिल इलाके में जनसभा को संबोधित करते संजय सिंह ने राज्य और केन्द्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता के हित में काम करने में पूरी तरह विफल रही है छग चुनाव छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कल प्रचार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आमसभा को संबोधित किया इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और स्मृति इरानी तथा भाजपा शासित राज्यों उत्तरप्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने जहां आमसभाएं ली वहीं उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं ने भी कल जनसभाओं को संबोधित किया

आज भी भाजपा कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज नरसिंहपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगे इसके बाद बैतूल और खातेगॉव में जनसभा को संबोधित करेंगे श्री शाह शाम को भोपाल पहॅंचेंगे वहीं विदेश मंत्री सूषमा स्वराज जबलपूर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी वे महिला मोर्चा सम्मेलन में भी शामिल होंगी भाजपा की स्टार प्रचारक हेमामालिनी भी आज दतिया जिले के भांडेर शिवपुरी जिले पिछोर गुना जिले के कुंभराज चाचोड़ा और फिर इन्दौर में जनसभा को संबोधित करेगी वहीं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रतलाम जिले के ताल धार जिले के बदनावर खंडवा और महू में रैली करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर दमोह टीकमगढ़ छतरपुर जिलों की विधानसभाओं में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सागर जिले की रेहली खुरई विदिशा जिले की कुरवाई में जनसभाएं करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दौरे के दूसरे दिन सीधी और सिंगावल में दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कौमी एकता देशभर में साम्प्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय भावना और एकता तथा भिली जुली संस्कृति को बढावा देने के लिए आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा

सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और धर्मनिरपेक्षता को बढावा देने तथा सम्प्रदायवाद विरोध और अहिंसा जैसे मुद्दों पर बैठकें और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी

इस अवसर पर देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को दूसरे हिस्सों की भाषाई विरासत की जानकारी देने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा

इसके अलावा सांस्कृतिक एकता दिवस इस दौरान मनाया जाएगा और विविधता में भारतीय परंपराओं की एकता दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा सप्ताह का अंतिम दिन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है

भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी राज्यों और जिलों में आज यह दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा

इसमें जिला ब्लॉक और पंचायत स्तर की टीमों स्वच्छाग्रहियों और स्वच्छता चैंपियनों के साथ गतिविधियां आयोजित की जाएंगी

पहले दिन मध्यप्रदेश दिवस समारोह आयोजित किया गया इसमें मैहर वाद्यवन्द और मटकी नृत्य की प्रस्तुति दी गई इस दौरान श्रेष्ठ कार्यों के लिए कारीगरों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया

यात्री ये सिक्के कानपुर से सूरत ले जा रहा था